भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई का अस्थि कलश आज लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में आयोजित श्रद्वाजंलि सभा के बाद गोमती नदी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विसर्जित कर दिया गया

बाइट नम आंखों और बुझे मन के साथ लखनऊ शहर ने अपने प्रिय नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब से थोड़ी देर पहले गोमती नदी के किनारे उनकी अस्थियां गोमती नदी में विसर्जित कर दी गईं इससे पहले केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ महेन्द्र नाथ पांडे के साथ विशेष विमान से अस्थियां लेकर आज दोपहर लखनऊ पहुंचे जहां मुख्यमंत्री योग आदित्यनाथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और अनेक भाजपा नेताओं ने अस्थि कलशों को प्राप्त किया अस्थि कलशों के एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही प्ररा वातावरण अटल बिहारी अमर रहे के गगनभेदी नारों से गूंज उठा तेज बारिश के बावजूद हजारों लोग अपने प्रिय नेता के दर्शनों के लिए एयरपोर्ट से लेकर झूलेलाल पार्क तक मौजूद रहे

सुशील चंद्र तिवारी कलश यात्रा के कारण आज शहर के अधिकांश शैक्षणिक संस्थान बंद रहे और इस दौरान प्रशासन ने तमाम रास्तों को डायवट कर रखा था ताकि लोग लखनऊ से पांच बार सांसद रहे अपने प्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी के अस्थि कलशों के अन्तिम दर्शन कर सके कल से पूर्व प्रधानमंत्री के अस्थि कलश प्रदेश की विभिन्न नदियों में प्रवाहित किये जायेंगे

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को भावभीनी श्रद्धाजंलि देने के बाद सदन की कार्यवाही को सत्ताईस अगस्त पूर्वान्ह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आज दिवंगत नेता अटल जी के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री वाजपेई जी ने देश हित में कई कड़े निर्णय लिये उन्होंने कहा कि अटल जी न स्वर्णिम चतुभूर्ज योजना से लेकर संचार क्रांति तक बड़े बड़े काम किये अटल जी के रहते देश परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की श्रृंखला में खड़ा हुआ उन्होंने कहा कि अटल जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद से लेकर भारत रत्न जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार भो प्राप्त हुए उनका जाना अपूरणीय क्षति है विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दिवंगत नेता अटल जी को श्रद्वाजंलि अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी पक्ष और विपक्ष सभी के अच्छे कामों की सराहना करते थे नेता विरोधी दल राम गोविन्द चौधरी ने अटल जी को श्रद्वाजंलि देते हुए उन्हें सर्वमान्य नता बताया और कहा कि अटल जी का सभी राजनैतिक दल सम्मान करते थे

इसके बाद सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने अटल जी के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पर्यटन को बढ़ावा देने में भारत की क्षमता के सीमित होने से सम्बद्ध मुद्दों को हल करने की जरूरत पर जोर दिया है राष्ट्रपति ने कहा कि सीमित शोध और व्याख्या तथा बौद्ध परिक्रमा के इतिहास की प्रस्तुति पर्याप्त रूप से न किये जाने जैसे प्रश्नों को हल करने की जरूरत है श्री कोविंद आज नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बौद्ध विरासत स्थलों के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारम्भ किया

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने एक ट्वीट में श्री जेटली का स्वागत किया है श्री राठौड़ ने देश की सेवा के लिए आने वाले वर्षो में उनके स्वस्थ रहने की कामना की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

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से अपने परिसरों में जंक फूड यानी ज्यादा कैलोरी और कम पोष्टिकता वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर पाबंदी लगाने का निर्देश देने को कहा है अपने पत्र में आयोग ने कहा कि कॉलेजों में जंक फूड पर पाबंदी लगने से पौष्टिक आहार के नये मानदंड कायम होंगे जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बेहतर तरीक से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें मोटापे से भी छुटकारा मिलेगा इससे जीवन शैली संबंधी बीमारियां भी नहीं होगी जो सीधे तौर पर मोटापे से जुड़ी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह पत्र मानव संसाधन मंत्रालय के उस निर्देश के आधार पर जारी किया है जिसमें शिक्षण संस्थाओं के परिसर में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने को कहा गया था

कुशीनगर जनपद में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे यहां दर्जनों गांव बाढ की चपेट में हैं उधर गोण्डा में घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जिससे टापू बने यहां के गांवों में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बहराइच सहित प्रदेश में कई स्थानों पर कल देर रात से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रूखाबाद में गंगा नदी उफान पर है वहीं रामगंगा नदी का जलस्तर कम होने से कटान के कारण जिले के लगभग दो दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है कइ गांवों में सम्पर्क मार्ग के कटने से राहत सामग्री के वितरण और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचान के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है जिले में खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूबी हुई है और मवेशियों के लिए चारे का भी संकट उत्पन्न हो गया है उधर राजधानी लखनऊ में भी आज दोपहर बाद तेज बारिश हुई जिससे लोगों को पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली

वे पचनावे वर्ष के थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए इसे भारतीय पत्रकारिता के लिए अपूरणीय क्षति बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक कुलदीप नैयर के निधन पर दुःख प्रकट करते हुए अपने शोक संदेश में कहा कि कुलदीप नैयर ने पत्रकारिता जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनायी

मैनपुरी जिले में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक कार के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गये पुलिस के अनुसार जिले के करहल थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर के निकट आगरा से लखनऊ जा रही कार का टॉयर फटने से कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई कार में सवार लखनऊ निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है समाप्त